जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बनीपार्क सेटेलाइट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाया सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन की डोज ली

टोंक जिला कलेक्टर एसडीएम मुख्य कार्यकार्री अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों का आज कलेक्ट्रेट सभागार में टीकाकरण किया गया करौली हिंडौन और टोडाभीम के उपखंड अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारियों को भी आज टीके लगाए गए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में टीकाकरण करवाया बूंदी जिला कलेक्टर ने भी वैक्सीन लगवाने के बाद कहा कि जिले में टीकाकरण का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाएगा हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी ने जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने के बाद जिले भर के राजस्व कर्मचारियों को अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा उन्होंने कहा कि इससे लोगों में अच्छा संदेश जाएगा दौसा जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आज टीका लगवाया उदयपुर में जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टरों ने भी वैक्सीन की डोज ली

अब तक एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं

प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों को आगामी रविवार को भी स्कूल आना होगा माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं

स्कूल प्रशासन को पीटीएम के दौरान ही अभिभावकों से सहमति पत्र लेना होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए जोधपुर के जवान लक्ष्मण की शहादत को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नमन किया है एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ईश्वर शहीद के परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें

आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा

मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना कर नतीजे घोषित कर दिये जायेंगे देशभर में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत भरतपुर में लोगों को आज सुरक्षित यातायात नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई गई संयोजक मनीष शर्मा ने अपने कार्यालय में परिवहन से सम्बंधित कार्यों के लिए आने वाले लोगों को सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और यातायात संकेतों के बारे में जानकारी दी प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज भी हल्की बारिश के समाचार हैं जयपुर और धौलपुर में कहीं कहीं ब्रंदाबांदी हई वहीं भरतपुर में कल देर रात से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात के कारण निचते क्षेत्रों में पानी भर गया हमारे संवाददाता ने बताया कि बरसात होने से किसानों की खेतों में तैयार खड़ी फसल के खराब होने का अंदेशा है मौसम विभाग ने कहा है कि आज अलवर भरतपुर और दौसा जिलों तथा इनसे लगते क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है जयपुर भरतपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी जिलों में आज ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है